सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कोरोना संकमण के मददेनजर आने वाले दिनों में सभी धार्मिक आयोजनों जुलूसों और शोभायात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है देश में मौजूदा कोरोना संक्रमित मरीजों की तुलना में लगभग साढ़े तीन गुना से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मृत्यु दर तेजी से घटकर एक दशमलव आठ चार प्रतिशत पर आ गई है

आरबीआई गर्वनर शक्तिकांत दास ने मुंबई में एक कार्यक्रम में कहा कि महामारी की रोकथाम के बाद अर्थव्यवस्था को मजबूती के रास्ते पर लाने के लिए सावधानी के साथ आगे बढ़ाना होगा

हालांकि धार्मिक स्थलों पर मास्क लगाने सोशल डिस्टेंसिंग रखने सहित कोरोना से बचाव के सभी सुरक्षात्मक उपायों की पालना करना अनिवार्य होगा

इसमें जीएसटी कार्यान्वयन से हुए राजस्व के नुकसान के लिए मुआवजे पर विचार किया जाएगा

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार प्रशासन ने इस संबंध में आज आदेश जारी किए हैं

थल सेना की दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सी पी मोहन्ती ने कल जोधप्र में कोणार्क कोर मुख्यालय का दौरा कर सामरिक तैयारियों का जायजा लिया उन्होंने सैन्य तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी सैनिकों के सतत प्रयासों और सैन्य प्रशिक्षण के सर्वोच्च स्तर की सराहना की

राज्य में बारिश का दौर हल्का पड़ने के साथ ही बड़े बांधों से हो रही अतिरिक्त पानी की निकासी बंद कर दी गई है

इस बीच मौसम विभाग ने शुक्रवार से एक बार फिर पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है